न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की उपस्थिति में प्रदेश न्यायिक अकादमी के शिमला के समीप घंडल में बने प्रशासनिक ब्लॉक स्टाफ छात्रावास व स्टाफ आवास का आज उद्घाटन करेंगे इस दौरान न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में न्यायिक सिद्धांत व जवाबदेही विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा आघार कार्ड आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की आज आखिरी तारीख है आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक न करने पर लोगों को आयकर रिफंड से वंचित होना पड़ सकता है और सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ भी नहीं मिल पाएंगे गौरतलब है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत बैंक एकाउंट और पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना आवश्यक कर दिया गया है विघानसभा विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा है कि केंद्र सरकार की उज्जवला योजना और प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई गृहणी सुविधा योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है चंबा जिले में चुराह विधानसभा क्षेत्र के तहत मसरूड़ में कल हंसराज ने कहा कि गृहणी सुविधा योजना से महिलाओं ईंधन की लकड़ी इकटठा करने से छुटकारा मिलेगा और रसोई गैस सिलेंडर की जमा राशि व गैस चूल्हे के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी खबर आज अधिकांश समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है

अमर उजाला का शीर्षक है भाजपा पार्षदों की मांग के बाद बदले शिमला नगर निगम आयुक्त पंकज होंगे नए कमीशनर दैनिक जागरण के अनुसार नगर निगम कमीशनर बदले पुराने पंकज पर बनी राय

बाहर पढ़ाई करने वाले छात्रों का एम बी बी एस में दाखिला कोर्ट के आगामी आदेशों पर निर्मर शीर्षक से पंजाब केसरी कोर्ट के हवाले से लिखता है निजी व्यवसाय वाले कर्भियों के बच्चे ले सकेंगे काउंसलिंग में भाग दिव्य हिमाचल का कहना है कि बाहरी छात्र भी स्टेट कोटे से ले सकेंगे भाग

जबकि दिव्य हिमाचल का कहना है सोलन हिमाचल का नंबर वन जिला सकल घरेलू उत्पाद के साथ प्रति व्यक्ति आय में भी झटका शीर्ष स्थान दैनिक भास्कर ने खबर दी है एस एम सी से हार्ड एरिया में ही होगी शिक्षकों की मर्ती पॉलिसी में बदलाव करेगी सरकार केबिनेट की मंजूरी के बाद विभाग ने शुरू की प्रक्रिया आपका फैसला की एक खबर है जुलाई से तीन उड़ान भरेगी हेली टैक्सी

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय खेल के मंच पर में लिखा है अगर प्रदेश सरकार खेल के जरिए पर्यटन को जोड़ना चाहती है तो राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का मंच तैयार कर हिमाचल को नए संदर्भ में परिभाषित करना होगा दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है प्रदेश में आपराधिक मामलों में दूसरे राज्यों के लोगों की संलिप्तता से अच्छा संदेश नहीं जा रहा है अपराधी बेशक बाहर के हैं पर छवि प्रदेश की धूमिल होती है शीर्षक है देवमूमि पर दाग